मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश के शांत व स्वच्छ पर्यावरण को कायम रखने के लिए प्रतिबद्ध है शिमला में आज राज्य पर्यावरण व संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की बैठक में उन्होंने कहा कि नई औद्योगिक इकाईयों में प्रदूषण नियंत्रण के सभी मापदण्डों को पूरा किया जाएगा और इनमें प्रदूषण उपचार संयंत्र लगाना भी सुनिश्चित किया जाएगा जयराम ठाकुर ने बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ और परवाणू जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में प्रदूषण नियंत्रण पर विशेष ध्यान देने की जरूरत भी बताई मुख्यमंत्री ने जल व ठोस कचरा प्रदूषण के अलावा वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए कदम उठाए जाने पर बल देते हुए कहा कि औद्योगिक क्षेत्रों में खुले स्थानों पर बागीचे और पार्क विकसित किए जाएंगे इस बीच शिमला के एक निजी विश्वविद्यालय के प्रतिनिधिमण्डल ने आज मुख्यमंत्री से भेंट की इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में शिक्षण संस्थान स्थापित करने वाले लोगों को हर सम्भव सहायता प्रदान कर रही है मारकंडा कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने लाहौल स्पिति जिले में सर्दियों के दौरान विकास कार्यो की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने और कार्यो में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं वे आज केलंग में परियोजना सलाहकार समिति की त्रैमासिक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे मारकंडा ने अब तक किए गए कार्यों पर संतोष जताया